मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कोविड मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिये कृत संकल्प है उन्होंने कोविड अस्पतालों में शैयाओं की संख्या में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कोविड नाइन्टीन पर एक उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शैयाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ अस्पतालों में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चत की जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर जिलों में कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान चार हजार छः सौ सतहत्तर कोरोना के नये मामले सामने आये हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि अब क्ल कोरोना मामलों की संख्या एक लाख नवासी हजार तीन सौ पन्चानबे हो गई है उन्होंने बताया कि इस समय राज्य में रिकवरी दर बहत्तर दशमलव आठ दो प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोरोना से अब तक दो हजार नौ सौ सत्तासी लोगों की मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में मृत्यु दर एक दशमलव पांच सात प्रतिशत है केन्द्र सरकार ने कल कहा कि देश में कोविड नाइन्टीन मरीजों के स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर पचहत्तर दशमलव दो सात प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में सत्तावन हजार चार सौ उन्हत्तर मरीज स्वस्थ हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या तेईस लाख अड़तीस हजार से अधिक है यह मौजूदा सक्रिय मामलों से तीन गुना ज्यादा है आकाशवाणी से कोविड नाइन्टीन पर विशेषज्ञों की सलाह श्रंखला में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथ धोने का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है

अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हालात जो हैं उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में संचारी रोगों के नियंत्रण में काफी अच्छी सफलता मिली है उन्होंने एईएस और जापानी इंसेफ्लाइटिस सहित विभिन्न वैक्टर जनित रोगों के नियंत्रण में सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्य को पूरी तेजी से जारी रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में इस वर्ष अगस्त में एईएस रोगियों की संख्या में अड़तालिस प्रतिशत की कमी हुई है और मृतकों की संख्या में पैंतीस फीसद की कमी आई है मुख्यमंत्री लखनऊ में संचारी रोगों के नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता को गुणवत्ता परक चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने के लिये कार्य योजना बनाकर काम कर रही हैं जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से लोक स्वास्थ्य की गंभीर चुनौतियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के लिये हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर के लिये सभी प्रस्तावित कार्ये निर्धारित अवधि में पूरे कर लिये जाये इसके लिये रक्षा मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी है उसे समय सारिणी के अनुसार पूरा किया जाये उन्होंने कहा कि कॉरिडोर के लिये जो भी घोषणाए हुई है और लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है रक्षामंत्री ने लखनऊ और आगरा में डिफेंस कॉरिडोर के लिये भूमिअधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने के लिये कहा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि चालिस लाख रुपए तक के सालाना सकल कारोबार को जीएसटी से छूट है शुरू में यह सीमा बीस लाख रुपए थी वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त डेढ़ करोड़ रुपए तक के सकल सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है इस योजना के तहत केवल एक प्रतिशत कर देना पड़ता है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है अब अट्ठाईस प्रतिशत जीएसटी केवल विलासिता की वस्तुओं पर ही लगता है अटठाईस प्रतिशत की कर श्रेणी वाली कुल दो सौ तीस वस्तुओं में से करीब दो सौ वस्तुओं को कम दर की श्रेणी में लाया गया है मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर पांच प्रतिशत कर की श्रेणी में रखा गया है किफायती आवास पर कर की दर घटाकर एक प्रतिशत की गई है जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के स्वावलम्बन केन्द्र का आन लाइन शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और स्टाटअप की स्थापना करने में सहूलियतें मिलेंगी जिससे राज्य के अन्दर एक नई कार्य संस्कृति देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिडबी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन वित्त पोषण और विकास के लिये कार्य करने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने के लिये स्टाटअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को लगातार बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता बनाने के लिये काम कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी तीस अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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 प्रदेश सरकार ने दो आईपीएस अधिकारियों दिनेश चन्द्र दुबे पुलिस उप महानिरीक्षक रूल्स और मैनुवल तथा अरविन्द सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक पीएसी आगरा को निलम्बित कर दिया है गृह विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि श्री दुबे के संबंध में यूपीडेस्को नोडल एजेंसी के अन्तर्गत निर्माण कार्यो में शिकायते प्राप्त हुई थी अरविन्द सिंह के संबंध में पश् पालन विभाग में कूट रचित कर ठगी किये जाने की शिकायत मिली थी

सोशल और डिजिटल मीडिया के क्छ प्लेटफार्म पर यह बात कही जा रही है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण स्कूल न जा पाने वाले छात्रों के लिए केन्द्र सरकार मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना बना रही है सरकार ने इस बात का पूरी तरह खंडन करते हुए कहा है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है